आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें गैरसैंण सचिवालय गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन के बाद अब सचिवालय भी जल्द ही बनेगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में सचिवालय का शिलान्यास किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाकर अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किया जा रहा है इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी

यहां के विकास में निजी निवेशकों को भी शामिल किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने ई पंचायत सेवा केन्द्र के लाभार्थियों से ई संवाद भी किया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से सभी न्याय पंचायतों में ई सेवा का शुभारम्भ किया गया है

उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सभी सेवाएं भी ई पंचायत सेवा केन्द्र के माध्यम से भी उपलब्ध रहेंगी आने वाले कछ महीने में ई पंचायत सेवा केन्द्रों को अपणि सरकार पोर्टल से भी जोड़ा जायेगा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं को और मजबूती देने के लिए ग्राम सभा स्तर पर ई सेवा केन्द्रों को विस्तारित किया जायेगा

ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की पूर्ण उपलब्धता से इन सेवाओं में और तेजी आयेगी और जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा इस मौके पर पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां पर सभी न्याय पंचायतों में ई पंचायत सेवा केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है

म्ख्यमंत्री ने चमोली जिले के तीन लोगों को प्रतीकात्मक तौर पर ये राशन कार्ड प्रदान किये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की द्वकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे राजभवन सम्मान समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारी और कर्मचारी सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज राज्यपाल ने राजभवन में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया आपको बता दें कि इस वर्ष से हर साल राजभवन में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा

रेलवे लाइन बैठक हरिदवार के जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में रूड़की देवबन्द रेलवे लाईन के सम्बन्ध में हई बैठक में रूड़की देवबन्द रेलवे लाईन के म्आवजे के सम्बन्ध में किसानों से चर्चा की गई उन्होंने किसानों को पांच लाख रुपये अतिरिक्त प्रति परिवार देने के प्रस्ताव की भी जानकारी दी उन्होंने किसानों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की इस मौके पर किसानों ने उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी या नये एक्ट के अन्सार म्आवजा देने की बात कही गई जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में अगर नया अधिग्रहण होगा तो वर्तमान दरों पर होगा और आज की तिथि के अन्सार मुआवजा मिलेगा

उन्होंने सुस्वा नदी के प्रदृषण को कम करने के लिए भी प्लान बनाने को कहा मुख्य सचिव ने केवल बफर जोन एरिया में भविष्य में सड़क निर्माण और रिवर्स ट्रेनिंग मटेरियल आदि के कलेक्शन के लिए भी प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने राजाजी पार्क और इससे सटे इलाके में वन्यजीवों की मॉनिटरिंग बढ़ाने और उनके हैविटेट को बढ़ावा देने के लिये भी बेहतर प्लान बनाते हए कार्य करने को कहा

बग्यालों का उपचार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और वज्रपात के कारण बग्यालों में हो रहे भ कटाव व भूस्खलन को रोकने के लिए रूद्रप्रयाग वन प्रभाग एक वृहद कार्ययोजना तैयार कर रहा है इसके तहत बृग्यालों में भु कटाव रोकने में मदद मिलेगी

इससे आने वाले समय में ब्ग्यालों का अस्तित्व संकट में आ गया हैं इसी को देखते हए वन विभाग दवारा इन सभी स्थानों का चिन्हिकरण किया गया और इसे रोकने के लिए एक वृहद कार्य योजना बनाई है सोलर डायर अल्मोड़ा जिले स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि कृषि उत्पादों और किसानों के हितों के लिए लगातार अभिनव प्रयास कर है इस बार उसके द्वारा एक ऐसा सोलर ड्रायर विकसित किया गया है जिसकी मदद से कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थ आसानी से सुखाए जा सकते है जिससे किसानों को तैयार फसल सुखाते समय पक्षियों बन्दरों और वर्षा से होने वाले न्कसान से बचाया जा सकेगा संस्थान के निदेशक डॉ लक्ष्मी कांत ने बताया है कि यह सोलर ड्रायर एक ऐसी प्रणाली है जो सौर ऊर्जा के उपयोग से विशेष रूप से खादय पदार्थो को सुखाता है यह सोलर ड्रायर पॉलीकार्बोनेट शीट का बना होता है जो की आसानी से नही ट्रटता है ड्रायर को एक स्थान से दुसरे स्थान पर आसानी से ले जाने के लिए इसके निचले भाग पर पहिये भी लगाए गये है इस ड्रायर का उपयोग कृषि खादय प्रसंस्कृत सामग्री आदि को सुखाने में किया जाता है